किन्नौर जिले में हिमखण्ड गिरने का क्रम जारी नमज्ञा डोगरी नाला में कल बर्फ में दबे जवानों का तलाशी अभियान बाधित

खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू जिले में कल और लाहौल मण्डल में दो दिन बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान जावडेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कांगड़ा जिला के देहरा और जदरांगल में आज केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों की आधारशिला रखी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए वन स्वीकृति उनके केन्द्रीय व पर्यावरण मंत्री रहते दे दी गई थी उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय से क्षेत्र के विकास में नए आयाम स्थापित होने के अलावा युवाओं को गुणात्मक उच्च शिक्षा प्राप्त होगी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर का कार्य जल्द पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद ही इन परिसरों के निर्माण के लिए वन स्वीकृति सहित अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी की उन्होंने कहा कि लम्बे समय बाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण का सपना साकार हुआ है इस मौके सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल के लोगों के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से विशेष उपहार है

इस मौके सांसद शांता कुमार कैबिनेट मंत्री वीरेन्द्र कंवर विक्रम सिंह व सुरेश भारद्वाज के अलावा विधायक व पूर्व विधायक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे

पिछले कल नमज्ञा डोगरी नाला में कल हिमखंड गिरने से भारतीय सेना के छह जवान इसकी चपेट में आ गए थे

बर्फ से निकाले गए एक जवान की कल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी जवान की पहचान बिलासपुर जिले के झण्डूता के हवलदार राकेश कुमार के रूप में की गई है ये सभी जवान जेके राईफल्स के हैं जो अपनी पोस्ट के नज़दीक ही पैट्रोलिंग डयूटी पर थे खराब मौसम के चलते जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतुक गांव नही भेजा जा सका है उपायुक्त गोपाल चन्द के मुताबिक इलाके में बर्फबारी के चलते और आज सुबह इसी स्थान पर एक और हिमखण्ड गिरने से बर्फ में दबे जवानों को निकालने का तलाशी अभियान बाधित हुआ

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के जवान की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेना के जवानों को तीव्र राहत व पुर्नस्थापन कार्य के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाएगी हमारे प्रतिनिधि ने रिकांगपिओ से बताया कि जिले के रोपा गांव में भारी हिमपात से आज सुमतात नाले में ग्लेशियर आया मगर इससे कई घरों सहित प्राथमिक पाठशाला और बस स्टैंड सुरक्षित बच गए सुमतात वासी अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं और लोक निर्माण विभाग से मशीनरी लगाकर गाड़ियां सुरक्षित निकालने में मदद की गुहार लगाई है इसके अलावा पूह बस अड्डे के समीप भी सुबह एक ग्लेशियर आया मगर किसी जानी नुकसान का कोई समाचार नही है महेन्द्र सिंह सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पांच करोड़ रूपए से अधिक की लागत से बनने वाली उठाउ पेजयल योजना बाड़्र रोहाड़ा चरखड़ी का शिलान्यास किया

इस मौके सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा हर सम्भव सहायता दी जा रही है

इस बीच महेन्द्र सिंह ठाकुर ने करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी अनेक योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचरूखी में ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया उन्होंने गौ सदनों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इस वर्ष जून तक प्रदेश में बेसहारा गउओं को गौशालाओं में आश्रय देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे ताकि कोई भी पशु सड़कों पर नजर न आए बरागटा भाजपा के मुख्य सचेतक जनमंच कार्यक्रम के राज्य समन्वयक नरेन्द्र बरागटा ने सिरमौर जिले में अब तक आयोजित नौ जनमंच कार्यक्रमों की आज नाहन में समीक्षा की

बरागटा ने कहा कि जनमंच सरकार का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान घर द्वार पर हो रहा है मौसम जनजातीय क्षेत्रों में कल से रूक रूक कर बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है लाहौल स्पिति जिले में भारी हिमपात के चलते सड़क बिजली व संचार सेवाएं बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

जिले के कारगा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम को हिमपात से क्षति पहुंची है जिससे इसमें रखा अनाज भंडारण खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है कुल्लू जिले में खराब मौसम को देखते हुए उपायुक्त युनूस ने कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं

चम्बा तिस्सा मार्ग गत्तीघार के पास पहाड़ी से पत्थर आने पर अवरूद्ध हो गया है पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि भारी हिमपात से कल रात फिंडपार नाले में ग्लेशियर आने से पारला फिंडपार गांव के लिए पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया है

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर रहेंगी

सदन में चर्चा के बाद बजट ध्वनिमत से पारित हो गया विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने बजट का पुरजोर विरोध करते हुए इसे आधारहीन और कोरी कल्पनाओं पर आधारित बताया जबकि भाजपा पार्षदों ने इसे विकासोन्मुखी करार दिया